प्रधानमंत्री ने कहा कि केन्द्र सरकार बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय को पूर्वी भारत के चिकित्सा केन्द्र के रूप में विकसित करने जा रही है वाराणसी की अपनी यात्रा के दूसरे दिन आज श्री मोदी ने पांच सौ सत्तावन करोड़ रूपये की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया और आधारशिला रखी बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए मुख्य शहर के लिए बाहरी मार्गो के साथ ही नई सड़कों का निर्माण की जानकारी देते हुए श्री मोदी ने बताया वाराणसी शहर के भीतर और वाराणसी को दूसरे राज्यांसे जोड़ने वाली सड़कों को चौड़ा किया जा रहा है उनको विस्तार दिया जा रहा है वाराणसी हनुमना यानी नेशनलहाइवे नम्बर सेवन वाराणसी सुलतानपुर मार्ग वाराणसी गोरखपुर सेक्शन वाराणसी हंडिया सड़क संपर्कभी हजारों करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि वाराणसी सुंदर हो गया है और अब आसानी से वहां पहुंचा जा सकता है प्रधानमंत्री ने कहा कि अगले वर्ष प्रवासी भारतीय दिवस के उद्घाटन अवसर पर सबकी नजरे काशी की ओर होगी उन्होंने लोगों से अपील की कि वे प्रवासी भारतीयों का अपनी सांस्कृतिक विरासत से परिचय कराएं दुनिया भर में बसे भारतीयों का कुम्म यहां काशी में लगने वाला है और इसके लिए सरकार अपने स्तर पर काम कर रही है लेकिन आपका सहयोग भी आवश्यक होगा एक एक काशीवासी को इसके लिए आगे आना होगा काशी की गली गली नुकड़ चौराहे पर बनारस का रस बनारस का रंग बनारस की सांस्कृतिक विरासत नजर आनी चाहिए प्रधानमंत्री ने आयुष्मान भारत से जुड़ने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को बधाई दी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज काशी की जनतासे मुखातिब हुए और पिछले साढ़े चार सालों में किए गए विकास कार्यों का लेखा जोखा दिया जिस एकीकृत विद्युत विकास योजना का प्रधानमंत्री ने आज शुभारम किया

इस स्कीम केतहत खम्बों पर लटकने वाले तारों को अंडर ग्राउंड कर दिया गया है जिससे बिजली की चोरी और वोल्टेज अनियमित्ता से राहत मिलेगी आज ही अटल इंक्यूवेशनसेन्टर का भी उद्घाटन किया गया जो प्रदेश में अपने तरह का इकलौता सेंटर है

प्रधानमंत्री ने हनी मिशन के तहत पांचसौ मध्यमक्खी के बक्सों और कुम्हारों तथा कलाकारों के लिए इलेक्ट्रोनिक मशीनों का वितरणभी किया प्रधानमंत्री ने बीएचयू में बनने वाले वैदिक विज्ञान केन्द्र और क्षेत्रीयनेत्र केन्द्र की आधारशिला भी रखी सुशील चंद्र तिवारी आकाशवाणी समाचार वाराणसी

इस विलय से बनने वाला बैंक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का तीसरा सबसे बड़ा बैंक होगा वित्तमंत्री अरूण जेटली ने कल नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि इस विलय से बैंक की गतिविधियों में इजाफा होगा और किसी भी कर्मचारी की मौजूदा स्थिति पर कोई प्रतिकूल असर नहीं पड़ेगा श्री जेटली ने कहा कि विलय के प्रस्ताव की मंजूरी के लिए शीघ्र ही उनके संचालक मंडलों की बैठक होगी केन्द्र सरकार ने मुजफ्फरनगर में गैस पाइप लाइन की योजना को मंजूरी दे दी है यह जानकारी सांसद संजीव बालियान और आईजीएल कम्पनी के महाप्रबंधक रंगराजन ने आज संवाददाताओं से बातचीत में दी उन्होंने बताया कि कम्पनी छः महीने में पाइप लाइन लगाने का काम पूरा कर लेगी इस पाइप लाइन के माध्यम से उद्योगों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के अलावा घरों में भी गैस उपलब्ध करायी जायेगी प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे तेलंगाना सरकार द्वारा संचालित किसान बंध् योजना और किसान बीमा योजना का बारीकी से अध्ययन कर इसे प्रदेश में लागू करने की संभावनाओं का पता लगायें श्री शाही ने आंघ्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य में संचालित विभिन्न कृषि योजनाओं की जानकारी तथा वहां के कृषि संस्थानों का दौरा करने के बाद यह निर्देश दिये उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश बीज निगम और तेलंगाना बीज निगम के बीच हुए अनुबंध के तहत दोनों राज्य अपने यहां की अच्छी किस्म के बीजों का आदान प्रदान करेंगे